उनतीस लोग अब तक हो चुके है स्वस्थ

केन्द्र सरकार आज विस्तारित लॉकडाउन लागू किए जाने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड उन्नीस का फैलाव रोकने के लिए तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी

केन्द्र ने सभी मंत्रालयों और विभागों राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों और प्राधिकरणों को इस बारे में निर्देश जारी किया है निर्देश में कहा गया है कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत किए जा रहे उपाय जारी रहेंगे गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि लॉकडाउन अवधि बढ़ने के साथ विभिन्न क्षेत्रों और गतिविधियों पर लागू सभी प्रतिबंध जारी रखे जाएं मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लागू आदेशों के अनुरूप लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया ने नागरिकों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने की अपील की है

हमारे संवाददाताओं से बातचीत में लोगों ने कहा कि इससे कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी

रेलवे पन्द्रह अप्रैल से तीन मई के बीच यात्राओं के लिए बुक किये गये उनतालीस लाख टिकट रद्द करेगा वहीं नागर विमानन निदेशालय ने भी सभी अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को तीन मई आधी रात तक बंद रखने का आदेश दिया है सभी विमानन कम्पनियों को तीन मई तक टिकट रद्द करने के आदेश दिये गये हैं बिहार में छप्पन विदेशी नागरिकों को वीजा नियमों के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है इनमें से इंडोनशिया के सत्रह किर्गिस्तान के सोलह मलेशिया के चौदह और बांग्लादेश के नौ नागरिक शामिल है ये लोग पिछले महीने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे इसके बाद ये सभी प्रदेश के विभिन्न मस्जिदों में छिपे हुए थे पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने बताया कि पर्यटक वीजा पर आए ये विदेशी नागरिक विदेशी अधिनियम उन्नीस सौ छियालीस का उल्लंघन कर धर्म प्रचार में लगे थे इन्हें गिरफ्तारी से पहले चौदह दिन तक अलग अलग निगरानी शिविरों में रखा गया इसके बाद विभिन्न अदालतों में पेश किया गया जहां से ये चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए इन विदेशियों को पटना बक्सर और अररिया की जेलों में अलग अलग वार्ड में रखा गया है प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है फिलहाल कोरोना के पुष्ट मामलों की संख्या छियासठ पर स्थिर है इनमें से उनतीस स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक की मौत हुई है इधर देश भर में कोरोना संक्रमण के प्रष्ट मामलों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार चार सौ उनतालीस हो गयी है

कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित नवादा नालंदा सीवान और बेगूसराय जिले में कल से घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग का काम शुरू होगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में अब तक जो भी पॉजिटिव मामले आये हैं उनके आवासीय परिसर के तीन किलोमीटर के दायरे में भी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जायेगा

सूचना और जन सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि बांकी बचे कार्डधारियों के खाते में जल्द ही यह राशि भेज दी जायेगी उन्होंने कहा कि रद्द किये गये राशन कार्ड और लंबित आवेदनों की समीक्षा का काम युद्धस्तर पर जारी है

संबंधित संस्थानों का परिचय पत्र ही उनका पास माना जायेगा गौरतलब है कि इससे पूर्व परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा था कि मीडिया को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों के कर्मियों के वाहन से आवागमन के लिए पास लेना अनिवार्य होगा इधर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पूर्व में आवश्यक सामग्री लाने और ले जाने के लिए वाहनों को निर्गत पास की अवधि तीन मई तक विस्तारित कर दी गयी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने पटना एम्स में कोरोना जांच की अनुमति दे दी है यह बिहार का छठा संस्थान होगा जहां कोरोना की जांच शुरू होगी पहले से पटना के आईजीआईएमएस आरएमआरआई और पीएमसीएच दरभंगा के डीएमसीएच तथा मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में कोरोना की जांच हो रही है लॉकडाउन की अवधि विस्तारित किये जाने के केन्द्र सरकार के फैसले के आलोक में पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता संघों ने तीन मई तक अदालत नहीं जाने का फैसला किया है साथ ही अधिवक्ता संघों ने निचली अदालतों में भी वकीलों से अदालत नहीं आने का अनुरोध किया है अति आवश्यक स्थितियों में ई मेल के माध्यम से केस फाईल कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई में भाग लेने की अपील की गई है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच कामगारों की शिकायतों के समाधान के लिए देशभर में बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं सभी कामगार अपने फोन या व्हाट्सएप ेसे कॉलसेंटर में संपर्क कर सकते हैं पटना में बनाये गये हेल्प डेस्क का नम्बर है आठ नौ शून्य आठ शून्य नौ एक एक दो नौ दूसरा नम्बर है सात सात तीन नौ पांच नौ पांच पांच पांच नौ एक अन्य नम्बर आठ तीन चार शून्य पांच एक चार छह दो छह पर भी सम्पर्क किया जा सकता है तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत उन्हीं लाभुकों के बैंक खातों में दूसरी बार सिलेंडर की राशि भेजी जायेगी जिन्होंने पहले महीने के लिए गैस का उठाव कर लिया है आईओसीएल और बीपीसीएल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पहले सिलेंडर की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी गयी है लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों की मदद के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है हमारे संवाददाताओं से बातचीत में लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत लोगों को जन धन खातों में पैसे आने से मदद मिल रही है

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक टवीट में यह जानकारी दी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने फरवरी के लिए ईएसआई अंशदान जमा कराने की अवधि पन्द्रह अप्रैल से बढ़ा कर पन्द्रह मई कर दी है मार्च दो हजार बीस के लिए अंशदान भी पन्द्रह मई तक जमा कराया जा सकेगा श्रम मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि विस्तारित अवधि के दौरान किसी संस्थान या कम्पनी पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जायेगा लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने आज से सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है निबंधित किसान अभी धान के लिए अधिसूचित केन्द्रों पर गेहूँ भी बेच सकते हैं साथ ही जिन किसानों का निबंधन अभी तक नहीं हुआ वे सहकारिता विभाग की वेबसाईट पर जाकर अपना निबंधन भी करा सकते हैं

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हुई मधेपुरा और सहरसा सहित उत्तर बिहार के कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई है हमारे सीतामढ़ी और दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि देर रात से ही तेज बारिश हो रही है पूर्णिया और अररिया में भी मूसलाधार बारिश की खबर है बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी फसल के साथ साथ खलिहानों में रखी फसल को भी व्यापक नुकसान हुआ है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाये जाने की खबर हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है इसके अलावा बिहार के चिन्हित आठ हजार गांवों में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करने से जुड़ी खबर को राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है

उनतीस लोग अब तक हो चुके है स्वस्थ